इनमें से चार परियोजनाए जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो मलजल उपचार और एक नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी है केन्द्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारम्भ किया इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीसो घंटे स्वचछ पेयजल उपलब्ध होगा देश आज अभियन्ता दिवस मना रहा है यह दिन विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या की जयंती पर मनाया जाता है

श्री नायडू ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निमाने वाले इंजीनियरों को बधाई देते हुए उनसे देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने का आहवान किया प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अमियंता दिवस एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभृतपूर्व योगदान दिया है हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अमूतपूर्व योगदान किया है चाहे काम को लेकर समपर्ण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं

सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में एम विश्वेश्वरैया को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि इंजीनियर किसी भी समाज के मजबूत स्तम्भ होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेजों में आक्सीजन स्गमतापूर्वक उपलब्ध होनी चाहिये श्री योगी ने आज लखनऊ में अनलाक व्यवस्था की समीक्षा करते हये कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आक्सीजन निर्घारित मुल्य पर ही मिले किसी भी दशा में आक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय जिला प्रशासन से संवाद बनाकर कोविड नाइन्टीन के दृष्टिगत उपचार सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण करे उन्होने पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश देते हये कहा कि अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाए ताकि जांच कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न होता रहे उन्होंने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के नियंत्रण में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि यह कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिये उन्होने लखनऊ मेरठ गोरखपुर प्रयागराज सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्यासी हजार दो सौ बानवे मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक अड़तीस लाख उन्सठ हजार तीन सौ निन्यानवे लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की क्ल संख्या बीस दशमलव तीन छह प्रतिशत रह गई हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉ नरेंद्र सैनी इस परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है पत्र सुचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह खबर गुमराह करने वाली है कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं प्रदेश के अधिकांश पूर्वी हिस्सों में कल से रूक रूक कर वर्षा हो रही है आकाशीय बिजली गिरने से गोरखप्र में दो बच्चों सहित तीन लोगों की और जौनपुर में एक युवक की मृत्यु हो गयी कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खरीफ फसल के लिये यह वर्षा लाभप्रद है मौसम विभाग ने आगामी तीन चार दिनों तक वर्षा का सिलसिला जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है